मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य पवन काजल और अरूण कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में बताया कि जल्द ही प्रभावितों को मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए क्लीयरेंस के मामले में भी सरकार आगे बढ़ी है

इसके आधार पर सड़क की डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है और मंजूरी मिलने के बाद प्रोजैक्ट की लागत व निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख तय की जाएगी

भाजपा विधायक विशाल नैहरिया के योल छावनी संबंधी प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के योल छावनी के तहत आने वाले लोगों की दिक्कतों के मामले को राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय से उठाया गया है उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले को लेकर बात करेंगे और जल्द उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए जो भी उचित होगा वह कदम उठाएंगे भाजपा के जिया लाल के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि कोष के लिए किसान साढ़े सात लाख रूपए तक ऋण ले सकता है

कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है और मटर गोभी व शिमला मिर्च जैसी फसलों पर मौसम से जो नुकसान होता है उसे भी फसल बीमा में कवर किया गया है राज्य में स्थापित निजी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का ईपीएफ जमा न करवाए जाने संबंधी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है लेकिन राज्य सरकार मजदूरो के साथ हो रहे खिलवाड़ को सहन नहीं करेगी वॉकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने आज एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की बैठक आरंभ होते ही विधायक सुंदर ठाकुर को कोरोना के नाम पर डिटेन करने और उनके होटल परिसर में हुड़दंग मचाने का मामला उठाया उन्होंने कहा कि सुंदर ठाकुर ने कुल्लू एसपी ऑफिस में धरना दे रखा था लेकिन इसी दौरान वहां एक पुलिस कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को नाम पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे एसपी ऑफिस को अपने स्तर पर ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जबकि कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार केवल डीसी के पास है इसी दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और दोनों तरफ से खूब शोरगुल हुआ विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस दौरान दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल व नारेबाजी करते रहे और बाद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया इस बीच विपक्ष के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक सुंदर ठाकुर के होटल में अतिक्रमण का मामला अदालत में लंबित है उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस में धरना देने की किसी को इजाजत नहीं है लेकिन विधायक ने ऐसा किया जो कानूनन गलत है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती गई है और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है इसके बावजूद विपक्ष इस मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक तूल दे रहा है सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए पौधरोपण को बेहद आवश्यक बताया है ये बात आज उन्होंने कसुम्पटी मण्डल के तहत कोटी पंचायत में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर कही सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील भी की

हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए